मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के उपनगर ट्टूटू में राज्य स्तर पर इस अभियान की शुरूआत की

पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि ये अधिनियम नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए बनाया गया है उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता राजनीति कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में भी पार्टी ने जागरूकता अभियान शुरू किया है टोल फ्री अभियान के तहत समर्थन जुटाने के लिए भाजपा ने एक टोल फ्री नम्बर आठ आठ छः छः दो आठ आठ छः छः दो शुरू किया है इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति मिस्ड कॉल देकर नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति समर्थन दर्ज करा सकता है धुमल उधर अधिनियम के समर्थन में सुजानपुर के भेरडा में कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे घर घर जाकर लोगों को अधिनियम के संबंध में जागरूक करें

हमीरपुर जिले का जनमंच भोरंज में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सोलन जिले के भूमती उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने मण्डी जिले के नाचन जबकि स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने शिमला के समीप शोधी में जन समस्याएं सुनीं ऊना जिले के लठियाणी में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर कांगड़ा जिले के दौलतपुर में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बिलासपुर सदर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल और कुल्लू ज़िले के बंजार में कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने जनसमस्याएं सुनीं सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के अम्बोया में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की जनमंच कार्यक्रमों के दौरान जहां जन समस्याएं सुनी गई वहीं निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों के अलावा सरकार की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई

उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के दृढ़ प्रयासों से ही ये संभव हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रवर्तन क्षेत्रों में राजस्व प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं बीते रोज़ हुए हिमपात और वर्षा के बाद समूचे राज्य में शीतलहर बढ़ गई है

मध्यम पहाड़ी व अधिक ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में भारी हिमपात जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है विधिक साक्षरता कुल्लू ज़िले में बंजार उपमण्डल के गुशैणी में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया ज़िला व सत्र न्यायाधीश पुरेन्द्र वैद्य ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों अवगत करवाया उन्होंने मौलिक अधिकारों के साथ नागरिकों से देश व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया

बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार ये मैराथन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है मैराथन दौड़ सचिवालय परिसर से शुरू होकर पुलिस नियंत्रण कक्ष माल रोड होते हुए सचिवालय परिसर में ही संपन्न होगी दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा